और देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस

पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य सरकार को प्रदेश के सभी नियोजित शिक्षकों और प्रस्तकालय कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया न्यायालय ने कहा सत्रह सितंबर दो हजार उन्नीस को पूर्व के एक फैसले में भी सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि कानून के प्रावधानों के अनुसार इन कर्मियों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया था आदेश पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुये राज्य के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को साठ दिनों भीतर नियोजित शिक्षकों और प्रस्तकालय कर्मियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का आदेश दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार दस लाख रुपए तक का ऋण देगी इसमें से पांच लाख रूपये ऋण की राशि ब्याज मुक्त होगी श्री कुमार पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा इस वर्ग से आने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी ढाई लाख रुपए तक है अब उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी अभी डेढ़ लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र स्थित भारत शुगर मिल के पूर्व महाप्रबंधक बी के सुरेका को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है बी के सुरेका सहित सात लोगों पर बाईस करोड़ साठ लाख रुपए मूल्य के चीनी के गबन का आरोप है इस मामले में मिल प्रबंधन द्वारा वर्ष दो हजार सोलह में एक मामला दर्ज करवाया गया था इसके बाद से ही बी के सुरेका फरार चल रहे थे मामले के छह अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं नाबालिग से द्वष्कर्म के आरोपी विधायक अरूण यादव को फरार घोषित करते हये विधायक के खिलाफ आरा स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है अरूण यादव पर पोक्सो अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे उनके संबोधन को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी केन्द्रों से शाम सात बजे से प्रसारित किया जायेगा

हिन्दी में संबोधन के बाद अंग्रेजी में भी इसे प्रसारित किया जायेगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से राष्ट्रपति के भाषण के मैथिली अनुवाद का रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के कारण आकाशवाणी पटना से शाम साढ़े सात बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार ब्रलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है आज यह बुलेटिन शाम छह बजकर पैंतालीस मिनट पर प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम छह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अपने नियोक्ताओं को पैन और आधार नम्बर नहीं उपलब्ध कराने वाले कर्मियों के वेतन का बीस प्रतिशत टीडीएस काटा जायेगा केंद्र सरकार ने बिहार से खाड़ी देशों में जाने वाले कामगारों की स्वास्थ्य जांच पटना में कराने की अनुमति दे दी है पहले ऐसे लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिये कोलकाता या लखनऊ जाना होता था भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे भवनों की जांच के लिये चार उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है इन दलों को प्रत्येक सप्ताह एक भवन की जांच कर अपनी रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेल के कार्यपालक अभियंता को सौंपने का निर्देश दिया गया है आश्रय गृह मामले में सीबीआई की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग बीस अधिकारियों और तेईस स्वयंसेवी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दो हजार ग्यारह के नये सर्वे कानून को क्यों नहीं असंवैधानिक घोषित किया जाये मूख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने कैमूर जिला किसान विकास समिति की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि सर्वे कानून के प्रावधान चकबंदी प्रक्रिया को विफल करने वाले हैं पीठ ने महाधिवक्ता से कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी मांगी है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस वर्ष मतदाता दिवस का मुख्य विषय है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इसके तहत साल भर तक अनेक गतिविधियां संचालित की जायेंगी जिनमें मतदाता शिक्षा और चुनाव प्रक्रिया पर मतदाताओं का भरोसा मजबूत करना शामिल है इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बेहतरीन चुनावी तौर तरीकों पर अमल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला और राज्यस्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे बिहार से अररिया की पुलिस अधीक्षक ध्ररत सायली सबलाराम का लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिये राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे इधर प्रदेशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं धान में नमी की जांच के लिये बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने पटना जिले के छह सरकारी क्रय केंद्रों से नमूना एकत्र किया और किसानों से बातचीत की धान खरीद में नमी की मात्रा सत्रह प्रतिशत से उन्नीस प्रतिशत किये जाने की राज्य सरकार की मांग के बाद केंद्रीय टीम राज्य के दौरे पर है गौरतलब है कि सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की घोषणा किये जाने के बावजूद नमी के कारण खरीद की रफ्तार धीमी है धूप खिलने के बावजूद तेज पछुआ हवा और नमी के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है मौसम विभाग के अन्सार बीस से छब्बीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले बहत्तर घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की और कमी आ सकती है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने मेडिकल कचरे के निपटारे में नियमों की अवहेलना करने वाले राज्य के एक सौ पंद्रह अस्पतालों को नोटिस जारी किया है राज्य कबड्डी संघ के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में संपन्न उन्नीसवीं बिहार सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब पटना ने जीत लिया है नालंदा जिले के विभिन्न पंचायतों में पदस्थापित चार नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरिंजय कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच के दौरान फर्जी पाया गया जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने नई बालू नीति को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज की

दैनिक जागरण की सुर्खी है निर्मल और अविरल गंगा की मुहिम में उतरेगें सैन्य अफसर दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को प्रमुखता प्रकाशित किया है जिसमें उसने कहा है राजनीति में अपराधीकरण को रोकना ही होगा प्रभात खबर ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है अधिक टैक्स लेना भी अन्याय दैनिक आज की सुर्खी है आधार से जोड़ा जायेगा वोटर कार्ड राष्ट्रीय सहारा सहित अन्य सभी समाचार पत्रों ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

और देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस